जनधन प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत चालीस करोड से अधिक बैंक खाते खोले गए हैं वित्तीय समावेशन से जुडी केन्द्र सरकार की यह प्रमुख योजना लगभग छह साल पहले लागू की थी इस योजना से चालीस करोड़ पांच लाख हितग्राहियो को लाभान्वित किया गया कोविड नमूने भारत में अब तक दो करोड़ से ज्यादा कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है जो एक रिकॉर्ड है कोविड के प्रबंधन के लिए केन्द्र सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों के तहत राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों ने यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है

आज तीसरे दिन भी लॉकडाउन जारी है उज्जैन जिले में दस नये मरीज मिलने से यहां सक़मितों की संख्या एक हजार दो सौ अठारह हो गई

पन्ना जिले में आज चार नये मरीज मिले हैं

संस्कृत दिवस आज विश्व संस्कृत दिवस है इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संस्कृत भाषा के संवर्द्वन और अध्ययन अध्यापन में लगे लोगों को धन्यवाद दिया है एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि संस्कृत एक सुन्दर भाषा है जिसने कई वर्षो तक भारत का ज्ञान भण्डार बनाये रखा उन्होंने संस्कृत को लोकप्रिय बनाने पर बल दिया वहीं इस मौके पर आज कई ऑनलाइन संगोष्ठी और परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित किये गये

वहीं गुना के सांसद के पी यादव ने संस्कृत दिवस पर बधाई देते हुए एक वीडियो जारी किया जिसमें रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनायें संस्कृत में दी

ये जानकारी तहसीलदार गुलाब सिंह बघेल ने दी

इसके पहले वे प्रसार भारती में पश्चिम एशिया संवाददाता और पत्र सूचना कार्यालय में विभिन्न पदों पर कार्य कर चुके हैं

इस अवसर पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखियां बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं भाई इसके बदले उन्हें सुरक्षा और सहयोग देने का वचन देते हैं राजधानी भोपाल में जारी लॉकडाउन के बीच घरों में ही रहकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बहन ने फोन पर ही राखी के पावन पर्व की श्भकामनायें दीं गौरतलब है कि कल आई रिपोर्ट में मुख्यमंत्री श्री चौहान पॉजिटिव पाये गये रक्षाबंधन को देखते हए प्रदेश की जेलों में कैदियों को अपने परिजनों से वीडियोकाल के माध्यम से बात करने की सुविधा दी गई है

इसी बीच पन्ना जिले में आज एक भाई के घर नही आने पर एक बहन ने उसे याद करते हुए सैनीटाइजर और मास्क की पूजा की

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इससे मरीज अपने परिजनों से जुड़े रहेंगे और मनोवैज्ञानिक रूप में ये उनके इलाज के लिए संबल प्रदान करेगा इस संबंध में कई जगह से ऐसी शिकायतें आ रही थी कि मरीजों को अस्पताल में स्मार्ट फोन आदि नहीं रखने दिया जा रहा है मौसम बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र से प्रदेश में मॉनसून फिर सकिय हो गया हैं शहडोल से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में आज सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है

साथ ही उमरिया कटनी जबलपुर मंडला बैतूल हरदा खंडवा खरगौन धार इंदौर देवास दतिया मुरैना भिण्ड जिलों में एलो अलर्ट जारी किया है वहीं भोपाल होशंगाबाद संभागों के जिलों में तथा खंडवा खरगौन जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है

पर्वा एक प्रकार की चमड़े की बाल्टी है